राज्य सरकार ने टैक्स डिफाल्टर व्यावसायिक वाहनों के मालिकों को दी राहत

उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि देश के सर्वोच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश का कार्यालय लोक प्राधिकार के नाते सूचना का अधिकार अधिनियम आरटीआई के दायरे में आता है प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने दिल्ली उच्च न्यायालय के दो हजार दस के फैसले के खिलाफ दायर याचिका की सुनवाई करने के बाद आज ये फैसला सुनाया उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में व्यवस्था दी थी कि लोक प्राधिकार का कार्यालय सूचना के अधिकार के दायरे में आना चाहिए उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ में न्यायमूर्ति एनवी रमन न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना शामिल थे न्यायालय ने कहा कि केवल उन्हीं न्यायाधीशों के नाम बताये जा सकते हैं जिनके नामों की सिफारिश कॉलेजियम द्वारा नियुक्ति के लिए की गई है न्यायालय ने यह भी कहा कि नियुक्ति का कारण बताने की जरूरत नहीं है दिल्ली की साकेत स्थित विशेष अदालत कल मुजफ्फरपुर बालिका गृह यौन शोषण मामले में अपना फैसला सुना सकती है एक अक्टूबर को सीबीआई और बचाव पक्ष की ओर से दलीलें पूरी होने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था इस मामले में बालिका गृह के संचालक ब्रजेश ठाकुर सहित इक्कीस आरोपियों के खिलाफ दुष्कर्म भीषण यौन दुर्व्यवहार और आपराधिक षड्यंत्र रचने सहित कई अन्य आरोप हैं गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इस साल सात फरवरी को यह मामला साकेत स्थित अदालत में स्थानांतरित कर दिया गया था जहां तेईस फरवरी से मामले की नियमित सुनवाई हुई पटना उच्च न्यायालय ने प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं और कर्मियों की कमी पर स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव और निदेशक को नोटिस जारी किया है मुख्य न्यायाधीश संजय करोल और न्यायमूर्ति दिनेश सिंह की खंडपीठ ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए पच्चीस नवम्बर तक सरकार को जवाब देने का निर्देश दिया पटना में नालों से अतिक्रमण हटाने का अभियान शुरू हो गया है खेमनीचक इलाके से इसकी शुरूआत हुई है प्रमंडलीय आयुक्त संजय कुमार अग्रवाल और जिलाधिकारी कुमार रवि के नेतृत्व में अतिक्रमण हटाने का अभियान चल रहा है खेमनीचक में बादशाही पईन पर चौरासी घरों को चिन्हित किया गया है जो सरकारी भूमि पर अतिक्रमण कर बनाये गये हैं अतिक्रमण हटाने के लिये जिला प्रशासन ने छह टीमों का गठन किया है जिसमें तीन टीमों की पटना अंचल दो को संपतचक और एक टीम की फुलवारीशरीफ अंचल में तैनाती की गयी है सिक्किम के राज्यपाल गंगा प्रसाद ने कहा है कि वर्तमान समय में ऐसी शिक्षा व्यवस्था की आवश्यकता है जो मानवता का पाठ पढ़ाती हो श्री प्रसाद आज पटना में उच्च शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण विषय पर आयोजित दो दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी के उद्घाटन समारोह को संबोधित कर रहे थे ऑल इंडिया एसोसिएशन ऑफ वाइस चांसलर एंड एकेडमिशियन नई दिल्ली की ओर से आयोजित इस संगोष्ठी में श्री प्रसाद ने कहा भारत में प्राचीन काल में शिक्षा का स्तर बहुत ऊंचा था

मुख्य रूप से विद्यार्थियों को तैयार करना है जो पास करने के बाद नौकरी को चक्कर में न रहें

कार्यक्रम में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मंगल पांडेय समेत देश विदेश के विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुलपति और शिक्षाविद् उपस्थित थे इस अवसर पर जेएस विश्वविद्यालय शिकोहाबाद के शंभुनाथ सिकारिया को डीलिट् की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया राज्य सरकार ने व्यवसायिक वाहनों और ट्रैक्टर ट्रेलर के टैक्स डिफाल्टर मालिकों के लिये एकमुश्त माफी योजना को मंजूरी दे दी है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की हुई बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गयी इस योजना के तहत जुर्माने या कर की एकमुश्त राशि जमा करने पर विशेष छूट दी जायेगी वहीं एक अन्य फैसले में वर्ष दो हजार दस के बाद ड्यूटी के दौरान जान गंवाने वाले होमगार्ड जवानों के आश्रितों को अनुग्रह अनुदान की राशि का भुगतान गृह रक्षा वाहिनी के समादेष्टा के माध्यम से कराने का फैसला किया है नालंदा जिले के गिरियक थाना क्षेत्र अंतर्गत द्र्गापुर के पास भीषण सड़क हादसे में छह लोगों की मौत हो गयी जबकि पांच अन्य गंभीर रूप से घायल हैं पुलिस ने बताया कि बिहारशरीफ रांची राष्ट्रीय उच्च पथ पर एक ऑटोरिक्शा के अनियंत्रित ट्रक की चपेट में आने से यह हादसा हुआ घायलों का स्थानीय अस्पताल में इलाज चल रहा है वहीं रोहतास जिले के डिहरी नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत सूअरा मोड़ के पास एक चारपहिया वाहन और गैस टैंकर के बीच हुई टक्कर में दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गयी जबकि पांच अन्य घायल हो गये दूसरी तरफ सीतामढ़ी जिले के रून्नीसैदपुर के गुदरी बाजार के पास ट्रैक्टर और दो मोटरसाईकिलों के बीच टक्कर में दो व्यक्ति की मौत हो गयी बिहार के छह मजदूरों की ओमान में गैस पाईप लाईन बिछाने के दौरान मौत हो गयी प्राप्त जानकारी के अनुसार सुरंग में पाईप लाईन बिछाने के क्रम में दूसरी तरफ से अचानक पानी भरने लगा जिस कारण दम घूटने से सभी की मौत हो गयी मृतकों में सीवान के चार और गोपालगंज के दो मजदूर शामिल हैं केन्द्र और राज्य सरकार की कथित विफलताओं के खिलाफ विपक्षी दलों द्वारा आज पटना सहित सभी जिला मुख्यालयों में आक्रोश मार्च निकाला गया पटना में गांधी मैदान से निकाले गये आक्रोश मार्च में रालोसपा अध्यक्ष उपेन्द्र कुशवाहा हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा के अध्यक्ष जीतन राम मांझी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा विकासशील इंसान पार्टी के मुकेश सहनी के साथ साथ वाम दलों के कई नेता शामिल हुए इस मार्च में तेजस्वी प्रसाद यादव सहित राजद के कोई भी वरिष्ठ नेता शामिल नहीं हुए खगड़िया जिले की एक त्वरित अदालत ने हत्या के पांच साल प्राने एक मामले में दस दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनायी है वहीं बांका जिले की एक अदालत ने हत्या के दस साल प्रराने एक मामले में चार दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है दूसरी तरफ औरंगाबाद जिले की एक अदालत ने दहेज हत्या के बीस महीने पुराने एक मामले में मृतका के पति और ससुर को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है समस्तीपुर जिले के उजियारपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत आजाद चौक के पास से पुलिस ने वाहन जांच के दौरान एक ट्रक से पांच सौ अठासी बोतल शराब के साथ चालक को गिरफ्तार कर लिया है वहीं मुजफ्फरपुर जिले के औराई थाना क्षेत्र के राजखंड गांव से पुलिस ने छह सौ साठ लीटर शराब बरामद की है शिवहर जिले के ड्रमरी कटसरी प्रखंड के श्यामप्र बाजार में आयोजित कुश्ती दंगल प्रतियोगिता में उत्तर प्रदेश के पुरूष और महिला पहलवानों ने जीत हासिल की शेखपुरा जिले के मेहुष गांव में आयोजित अंतर जिला कबड्डी प्रतियोगिता के फाईनल मुकाबले में नवादा की टीम ने लखीसराय को पराजित कर खिताब पर कब्जा जमाया कटिहार जिले के मनिहारी अनुमंडल के बघार गांव में नदी में स्नान करने के दौरान ड्रबने से दो बच्चों की मौत हो गयी वहीं लखीसराय जिले के स्र्यगढ़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत निश्ता गांव में किऊल नदी पार करने के समय एक व्यक्ति की डूबने से मौत हो गयी कला संस्कृति और यूवा विभाग की ओर से बेगूसराय जिले में आज से दो दिवसीय जिला स्तरीय युवा उत्सव की शुरूआत हुई

कैमूर जिले के नुआंव थाना क्षेत्र अंतर्गत बिंदपुरवा गौरेया गांव में भूमि विवाद को लेकर दो गुटों के बीच हुई गोलीबारी में अठारह लोग घायल हो गये इनमें पांच की स्थिति गंभीर बनी हुई है मामले में दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है पूर्णिया जिले के धमदाहा अनुमंडल कार्यालय में फर्जी आईएएस अधिकारी बनकर सात निश्चय योजना की जांच करने पहुंचे एक व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है

राज्य सरकार ने टैक्स डिफाल्टर व्यावसायिक वाहनों के मालिकों को दी राहत